प्रदेश में कोरोना संक्रमित आधे से ज्यादा मरीज ईलाज के बाद हुए स्वस्थ पांच हजार से अधिक लोगों को अस्पतालों से मिली छुट्टी प्रदेश में आज से सभी जिलों में उपज रहन ऋण योजना की हो रही है शुरूआत

इसके तहत अब प्रदेश में प्रतिबन्धित जोन को छोड़कर सभी मार्गों पर रोडवेज और निजी बसें संचालित हो सकेंगी

सभी सरकारी और निजी कार्यालय कर्मचारियों की पूर्ण क्षमता के साथ खोले जा संकते हैं उन्होंने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सेवाओं के अलावा सभी अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल बंद रहेंगी मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू नहीं की जाएगी वहीं किसी को भी राज्य के अंदर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी कमर्शियल परिवहन यात्रा से पहले और बाद में सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा उन्होंने बताया कि बस टैक्सी कैब और ऑटो के संचालन की अनुमति होगी हालांकि सिटी बसें नहीं चलेंगी श्री स्वरूप ने वर्क फॉम होम को प्रोत्साहित करने के लिये कहा है सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थल आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे साथ ही किसी भी प्रकार के सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे

प्रदेश के चिड़ियाघर और बायोलोजिकल पार्क आज से पर्यटकों के लिए फिर खोले जा रहे है इस बीच जयपुर के परकोटे क्षेत्र में भी सरकार ने राहत देते हुए कई गतिविधियां सशर्त संचालित करने की छूट दी है पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि परकोटे को कर्फ्यू और बफर जोन में बांटा गया है यहां फिलहाल पांच छोटे बाजार घी बालों का रास्ता लालजी सांड का रास्ता दुल्हा हाउस पुरोहितजी का कटला दड़ा मार्केट बंद रहेगें

इसके साथ ही द्रकानदारों और संचालकों को दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए है

ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित है तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होगें सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होगी इनमें अनारक्षित डिब्बे नहीं होगे इन रेलगाड़ियों के टिकिटों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाईल एप के जरिए की जा रही है रेलवे ने आरक्षण केन्द्रों जन सेवा केन्द्रों और टिकिटिंग एजेंट के माध्यम से भी आरक्षण कराने की अनुमति दी है

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डासुबोध अग्रवाल ने बताया कि कल सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अभियान से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के बाद यह घोषणा की गई है महानिदेशालय ने कहा कि विदेशी विमानन कंपनियों को उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचित कर दिया जाएगा इससे पहले देश में घरेलू विमान सेवाएं आज से फिर शुरू हो रही है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि एसएमएस अस्पताल को नॉन कोविड घोषित कर दिया गया है अब कोविड रोगियों का उपचार आरयूएचएस में किया जायेगा चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ वहॉ जाकर संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगा उन्होने बताया कि चरक भवन में चलने वाले कोरोना ओपीडी को भी फार्मेसी कॉलेज में स्थानान्तरित किया जायेगा सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में कोविड संक्रमित रोगियों का जबकि चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में सामान्य रोगियों का इलाज किया जायेगा

इससे किसान की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी होगी

संगठन के राज्य निदेशक डॉ भुवनेश जैन ने बताया कि राज्य से सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स इस विशेष अभियान को चलाएंगे इस अभियान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जनजागरण के लिए तैयार ऑडियो वीडियो और पोस्टर सहित अन्य प्रचार सामग्री सम्बन्धित वर्ग तक पहुंचाई जाएगी

कल रात बाड़मेर जिले में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई इस दौरान बिजली के खम्भे गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई

मौसम विभाग ने आज ज्यादातर जिलों में आधी तेज हवायें चलने तथा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है

बोर्ड ने शेष रही परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है

इसके अनुसार अधीनस्थ अदालतों में अति आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी